आज आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान इनकी मांग कर रहे थे किसान लंबे समय से इन सुधारों की मांग कर रहे थे और उनकी सरकार ने इसे पूरा किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने बहुत विचार विमर्श के बाद कृषि सुधारों को कानूनी रूप दिया है उन्होंने कहा कि इन सुधारों ने न केवल किसानों के बंधनों को समाप्त किया है बल्कि उन्हें नए अधिकार और अवसर भी दिए हैं श्री मोदी ने बताया कि कैसे इन सुधारों ने महाराष्ट्र के धुले जिले के एक किसान जितेंद्र भोइजी को मकई बेचने के लिए अपने बकाया भुगतान प्राप्त करने में मदद की प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रम और अफवाहों से बचने में सही जानकारी हर व्यक्ति के लिए बड़ा सम्बल होती है उन्होंने राजस्थान के बारां जिले में रहने वाले मोहम्मद असलम की सराहना की जिन्होंने किसानों को जागरूक बनाने का काम किया है वे एक किसान उत्पादक संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के कई किसानों को लेकर एक व्हाट्सएप समूह बनाया है इस समूह में वे किसानों को प्रतिदिन आसपास की मंडियों में चल रहे भाव की जानकारी उपलब्ध कराते हैं जिससे किसनों को सही फैसला करने में मदद मिलती है खुद उनका किसान उत्पादक संघ भी किसानों की उपज खरीदता है सीएम बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह अपने निवास पर भोपाल के विकास सौंदर्यीकरण और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की उन्होंने भोपाल के विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल को विकास का आदर्श मॉडल बनाएं स्वशासन मूल मंत्र हो

मुख्यमंत्री कार्यालय और नगरीय प्रशासन के समन्वय से समन्वित योजना बने निर्धन तबके के निर्माणाधीन आवास जल्द बनें बैठक में कमिश्नर भोपाल कविन्द्र कियावत कलेक्टर अविनाश लावनिया डीआईजी इरशाद वली प्रमुख सचिव मनीश रस्तोगी के साथ वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे

उन्होंने लोगों से दो गज की दूरी का पालन करनेऔर मास्क लगाने की अपील की है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

कोरोना जागरुकता प्रदेश के सर्वाधिक कोरोना संक्रमित शहर इंदौर में ज़िला प्रशासन ने जन जागरण की नई मुहिम शुरू की है

नरसिंहपुर जिले में कलेक्टर वेद प्रकाश ने जिले में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए जारी गाइड लाइन का पालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं रायसेन में जिले के कोरोना प्रभारी अधिकारी उमाकान्त उमराव ने कल संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की

इस बुलेटिन के अंत मे एक अपील हमेशा ध्यान रखे मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी